कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले इसको ध्यान में रखते हुए लागू दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाये उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट स्थापित करने के साथ ही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति न दी जाए उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड स्थिति का आंकलन करते हुए अवश्यकतानुसार कोविड अस्पताल बनाने और अधिक से अधिक लोगों की कोविड जांच की जाये उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दवा विक्रेता कोविड के ईलाज से सम्बन्धित आवश्यक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त पाया जाये तो उसका लाईसेंस तत्काल निरस्त करते हुए सख्त कार्यवही की जाए उन्होंने आगामी चारधाम और हेमकृण्ड साहिब की यात्रा के मददेनजर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता की बात भी कही कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को किस प्रकार कम किया जाये इस पर भी उन्होंने कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए रात्रि कर्ष्यू का भी सख्ती से पालन कराने को कहा

इस दौरान वाहनों की आवाजाही बेहद कम रही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद रहे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें बाजारों में सक्रिय रहकर कर्फ्यू को प्रभावी बनाने में जुटी रहीं

कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं जबकि धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में तय अधिकतम संख्या में कोई ढील नहीं दी जा रही है चमोली जिले में भी कर्फ्यू का अच्छा खासा असर रहा फल सब्जी दुग्ध उत्पाद आदि आवश्यक वस्तुओं को छोड कर सभी बाजार पूरी तरह बंद रहे सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए मुख्य चौराहों पर पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर अनावश्यक रूप से घरों से निकले वाहन सवारों को वापस भेजा कई लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई टिहरी जिले में भी कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहा बाजार बंद रहे और वाहनों की आवाजाही बेहद सीमित रही बाजारों को सेनेटाइज करवाया गया टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने नई टिहरी चंबा बादशाही थौल समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी कोविड गाइड लाइन का पालन करने के लिए समस्त तहसीलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है

लंबे समय बाद पहली बार यहां सड़कों बाजारों पर सन्नाटा देखने को मिला हरकी पैड़ी समेत तमाम स्नान घाट भी सूने रहे वहीं रूड़की में भी बाजार पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए बागेश्वर जिले में कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्णतया बंद रहे चिकित्सा स्वास्थ्य व स्वच्छता से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं की आपूर्ति जारी रही जिले के गरूड़ काण्डा कपकोट व बागेश्वर शहर में नगर पालिका और जिला पंचायत की ओर से सार्वजनिक स्थानों पार्कों और दुकानों को सेनेटाइज किया गया व्यापार मंडल ने भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिये लगाए गए कर्फ्यू का समर्थन किया है पुलिस ने रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए बाहर निकले लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया नैनीताल जिले में भी कोरोना कर्फयू का व्यापक असर देखने को मिला रामनगर क्षेत्र में भी कर्फ्यू प्रभावी रहा हालांकि यहां कुछ वाहन भी घूमते नजर आए सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए जो अपने काम पर जाने के लिए या आवश्यक कार्य से बाहर निकले पुलिस सड़कों पर नजर आ रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है और उन्हें कर्फ्यू के संबंध में जानकारी दे रही है अल्मोड़ा जिले में कर्फ्यू के कारण आज सभी बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे व्यापार संघ ने भी कर्फ्यू का समर्थन किया है टैक्सी यूनियन ने भी बेहद जरूरी होने पर ही लोगों को लाने ले जाने के अलावा अपनी सेवाएं बंद रखीं अल्मोड़ा की उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों का लोदिया बैरियर पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है

जेईई मुख्य परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है

एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी

देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा इस वर्ष चार सत्रों में आयोजित की जानी थी फरवरी और मार्च में इस परीक्षा के दो सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दवा की सस्ती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है रेमडेसिविर को गंभीर कोरोना रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी पाया गया है

इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन डेढ लाख शीशी बढ जाएगी

उन्होंने कहा कि इससे कुछ राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा

इन अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड रोगियों के लिए अलग से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए कोविड वार्ड और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों आईसीयू बिस्तरों वेंटीलेटरों प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए रेलवे जुर्माना रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा कोविड की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि रेलवे कोविड के फैलाव को रोकने के अनेक कदम उठा रहा है रेल मंत्रालय ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से छह महीने तक पालन सुनिश्चित करें सड़क दुर्घटना चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर शाम पाखी गांव के पास एक वाहन द्वर्घटना ग्रस्त हो गया

घटना की जानकारी मिलने पर पहॅची स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी शव बरामद कर लिए है आपदा कन्ट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग भीमतला में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस जोशीमठ जा रहे थे यमुनोत्री कपाट यमुनोत्री मंदिर समिति और रावल समाज की आपसी सहमति से ग्रीष्म कालीन यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय हो गया है